कुछ देर बाद हो सकता है नाम का ऐलान

जिसमें कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने नए पार्टी अध्यक्ष को लेकर विमर्श किया बताया जा रहा है कि कार्य समिति की बैठक में पूर्व अध्यक्ष राहल गांधी से एक बार फिर पार्टी अध्यक्ष बने रहने का अनुरोध किया गया हालांकि श्री गांधी ने अपने फैसले पर पुनर्विचार करने से इंकार कर दिया जिसके बाद पार्टी ने पांच क्षेत्रीय उप समूह गठित किए है जो कांग्रेस के नए अध्यक्ष के नाम का सुझाव देंगे पूर्व केन्द्रीय मंत्री और प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अरुण यादव को उत्तर भारत की जिम्मेदारी दी गई है श्री यादव वहां के प्रदेश अध्यक्षों नेता प्रतिपक्षों कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिवों और पार्टी सांसदों से इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि कार्य समिति की बैठक कुछ देर बाद फिर होगी जिसमें उप समूहों की रिपोर्ट पर निर्णय लिया जाएगा जे एण्ड केरूस जम्मू कश्मीर में स्थिति में अब सुधार आने लगा है और आम गतिविधियां सामान्य होता जा रहा है आधिकारिक जानकारी के अनुसार जम्मू डिवीजन के पांच जिलों में लगी धारा एक सौ चवालीस हटा ली गई है इन पांच जिलों में स्कूल कालेज खुल गये हैं इस बीच रूस ने कहा है कि जम्मु कश्मीर की स्थिति में परिवर्तन और इसका दो केन्द्रशासित प्रदेशों में विभाजन भारतीय संविधान के दायरे में किया गया है मीडिया के सवालों के जवाब में रूस के विदेश मंत्रालय ने आशा व्यक्त की कि भारत और पाकिस्तान क्षेत्र में स्थिति बिगड़ने नहीं देंगे मंत्रालय ने कहा कि रूस भारत और पाकिस्तान के बीच सामान्य संबंधों का हमेशा समर्थक रहा है

दो दिवसीय इस व्याख्यानमाला का शुभारंभ केन्द्रीय संस्कृति मंत्री प्रहलाद पटेल ने किया

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री पटेल ने कहा कि उनका मंत्रालय देश का सांस्कृतिक मानचित्र तैयार कर रहा है करीब चार सौ करोड़ रुपये की लागत वाले इस कार्यक्रम में लगभग एक करोड़ कलाकारों को शामिल किया जायेगा उन्होने कहा कि कला की पहचान समाज और सरकार की जिम्मेदारी है श्री पटेल ने कहा कि गांधी किसी की विरासत नहीं बल्कि वे देश और समाज की विरासत हैं उन्होंने कहा कि गांधी सादगी का नाम है और विलासिता के साथ गांधीवाद का चोला ओढ़ना गलत है व्याख्यानमाला की विशिष्ट अतिथि प्रदेश की संस्कृति मंत्री डाक्टर विजयलक्ष्मी साधौ ने कहा कि गांधीजी ने अपने अहिंसक आंदोलन से भारत ही नहीं विश्व को दिशा दी डाक्टर साधौ ने कहा कि मौजूदा वक्त में कुछ ताकतें बापू के खिलाफ जहर घोल रही हैं इसे रोकना हमारी जिम्मेदारी है दो दिवसीय इस व्याख्यानमाला के चार सत्रों में गांधी जी से संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा की जा रही है

यह दिन पारम्परिक जीवाश्म ईंधन के विकल्प के तौर पर गैर जीवाश्म ईंधन के महत्व् के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए मनाया जाता है नई दिल्ली में इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने कहा कि एथनॉल ट्र जी एथनॉल कम्प्रैस्ड बायोगैस और बायो डीज़ल जैसे ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत विकसित करने के लिए जैव ईंधन की पूरी क्षमता का इस्तेमाल किया जायेगा

याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश जे के माहेश्वरी और अंजुली पालो की खंडपीठ ने संबंधित विभागों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है

मौसम प्रदेश में चार दिनों से हो रही बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं और कई निचली बस्तियों में पानी भर गया हैं स्थिति को देखते हए बड़वानी उज्जैन झाबुआ और मंदसौर में स्कूलों में अवकाश रहा भोपाल से हमारे संवाददाता ने बताया है कि बड़े तालाब के लबालब होते ही सुबह भदभदा बांध के दो गेट खोले गये थे

राजधानी में आज दिन भर मौसम खुला रहा

उधर अशोकनगर जिले के सबसे बड़े बांध राजघाट के तीन गेट खोले गये राजस्व मंत्री गोविन्द सिंह राजपूत ने आज सुबह मंदसौर जिले के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया इस दौरान उन्होंने राहत और बचावकार्यों की समीक्षा भी की मौसम विभाग ने आने वाले चौबीस घंटों के दौरान रतलाम अलीराजपुर झाबुआ बड़वानी धार नीमच और मंदसौर जिलों में कहीं कहीं भारी वर्षा की चेतावनी दी है जरा याद करो कुर्बानी प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की अविस्मर्णीय वीर गाथाओं पर आधारित खास श्रृंखला जरा याद करो कुर्बानी में सुनिये यशवंतराव होलकर की शौर्य गाथा

वहीं वोहरा समाज कल ईद उज अजहा मनायेगा